भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा तीन दिवसीय प्रदेश दौरे के बाद आज दिल्ली लौटे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पीजीआई से मिली छुट्टी डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्ट मीट को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए यह एक नया काम है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा

उन्होंने कहा कि वे कल चुनाव प्रचार के लिए धर्मशाला जाएंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि ये उपचुनाव भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है और दोनों सीटों पर पार्टी जीत दर्ज करेगी उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के कांग्रेस पार्टी के आरोपों को भी मुख्यमंत्री ने निराधार बताया

तीन दिनों के दौरान उन्होंने बिलासपुर मंडी और कुल्लू जिलों में अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार हिमाचल दौरे पर आए थे इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने बीती रात कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की उन्होंने कुल्लूवासियों को दशहरा उत्सव की श्भकामनाए देते हए कहा कि ये उत्सव हमारी संस्कृति का परिचायक है नड़डा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया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

निर्वाचन अधिकारी हरीश गज्जू ने पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने को कहा इस दौरान ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की जानकारी भी दी गई उधर सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी आरके परूथी ने सभी केबल ऑप्रेटरों को ऐसे समाचार प्रसारित न करने के निर्देश दिए हैं जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते है उन्होंने कहा कि प्रचार के विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापनों द्वारा किए जा रहे प्रचार का सारा खर्च उम्मीदवार के चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा कांग्रेस इस बीच कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है पार्टी ने इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राजीव बिंदल चुनाव गतिविधियों में सरेआम भाग ले रहे है जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ है इधर कांग्रेस सेवादल महिला विंग ने अपने पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां सौंपी हैं महिला संगठक ज्योति खन्ना ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह को आज पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी मिल गई है

सूत्रों के अनुसार वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार होने के बाद ही उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दी है

वे पिछले कुछ समय से सांस की दिक्कत से जूझ रहे थे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना सरकारी हेलिकॉप्टर वीरभद्र सिंह को शिमला लाने के लिए आज चंडीगढ़ भेजा जिसमें उन्हें शिमला लाया गया

इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक तनाव से दूर रखने के उपाय बताना है शिमला के आईजीएमसी में मनोविज्ञान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आत्महत्या को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई विभाग के प्रमुख डॉक्टर विवेक शर्मा ने कहा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने के लिए इसके कारणों के प्रति समाज में जागरूकता लाना जरूरी है इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज छोटा शिमला स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को मानसिक तनाव और चिंता से दूर रखने के गुर सिखाए गए

ये दिन लोगों को अपनी आंखों की सेहत के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है इसके अलावा लोगों को आंखों की देखभाल करने के सही तरीके भी बताए जाते हैं सोलन में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित सूद ने बताया कि मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग आंखों की दृष्टि को नुक्सान पहुंचाता है उन्होंने कहा कि रात के समय अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करने से आंखों की रोशनी जा सकती है

उन्होंने कहा कि इंडोर खेल स्टेडियम में हर मौसम में खेलने की सुविधा मिलेगी उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला कब्बड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया फसल कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम की फसल बीजाई के लिए किसानों को कृषि विक्रय केंद्रों पर बीज उपलब्ध करवाए गए हैं

उधर ऊना के कृषि उपनिदेशक सुरेश कपूर ने जिले के सभी किसानों कृषि विक्रय केंद्रों से बीज खरीदने का आग्रह किया है

ये छात्राएं हैंड बॉल बास्केट बॉल हॉकी बॉक्सिंग व जूडो स्पर्धा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण दे रही है